लोकसभा चूनाव के तीसरे चरण के लिए चूनाव प्रचार का कार्य आज शाम समाप्त हो गया इस चरण में तेईस अप्रैल को पांच संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों झंझारपुर सूपौल मधेपूरा अररिया और खगड़िया में मतदान होगा तीसरे चरण में जदयू के दिनेश चंद्र यादव भाजपा के प्रदीप सिंह कांग्रेस की रंजीत रंजन राजद के शरद यादव और सरफराज आलम जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव लोजपा के महबूब अली कैसर और वीआईपी के मुकेश सहनी सहित बयासी उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा राज्य के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बालामुरूगन डी ने बताया है कि इन पांच लोकसभा क्षेत्रों में होने वाले चूनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष चूनाव कराने के लिए अंठावन हजार से अधिक कर्मियों को ड्यूटी पर तैनात किया जायेगा वहीं एक सौ बासठ स्थानों पर वेबकॉस्टिंग की व्यवस्था की गयी है सुरक्षा की द्रष्टि से पूर्णियां और सहरसा जिले में एक एक हेलीकॉप्टर और पटना में एक एयर एम्बुलेंस तैनात रहेगा उन्होंने बताया कि दियारा क्षेत्रों में नावों से भी गश्ती की जायेगी निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि इन लोकसभा क्षेत्रों में सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक मतदान कराया जायेगा हालांकि खगड़िया लोकसभा के सिमरी बख्तियारपुर अलौली और बेलदौर में सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक वोटिंग होगी इन पांच लोकसभा क्षेत्रों में लगभग नब्बे लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे सुपौल और खगड़िया में सबसे अधिक बीस बीस प्रत्याशी चूनावी मैदान में हैं जबकि अररिया में सबसे कम बारह उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज अररिया और खगड़िया में चुनावी सभाओं को संबोधित किया अररिया के रानीगंज में एनडीए उम्मीदवार प्रदीप सिंह के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुये श्री कुमार ने कहा कि एनडीए शासन के पिछले पांच सालों के दौरान देश का तेजी से विकास हुआ है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने महिलाओं और किसानों के लिए विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित कर उनका मान बढ़ाया है वहीं मुख्यमंत्री ने खगड़िया के गोगरी में एनडीए उम्मीदवार महबूब अली कैसर के पक्ष में भी चुनावी सभा को संबोधित किया भाजपा के वरिष्ठ नेता और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने सहरसा के महिषी में एनडीए प्रत्याशी दिनेश चंद्र यादव के समर्थन में चुनावी सभा की उन्होंने कहा कि पिछले पांच सालों में केन्द्र सरकार ने महंगाई पर अंकुश लगाया है इस अवसर पर लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान ने कहा कि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से गरीबों का जीवन स्तर बेहतर हुआ है इधर राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव रालोसपा प्रमुख उपेन्द्र कुशवाहा और हम के अध्यक्ष जीतनराम मांझी ने भी तीसरे चरण में होने वाले चुनाव के लिए विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में महागठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में जनसम्पर्क अभियान चलाया इस बीच राज्य में चौथे से सातवें चरण के लिए होने वाले चुनाव के लिए प्रचार में तेजी आ रही है चौथे चरण में दरभंगा उजियारपुर समस्तीपुर बेगूसराय और मुंगेर लोकसभा क्षेत्रों में उनतीस अप्रैल को वोट डाले जायेंगे वहीं पांचवें चरण के चुनाव के लिए भरे गये पर्चों की जांच जारी है इस चरण में नाम वापस लेने का कल अंतिम दिन है पांचवें चरण में सीतामढ़ी मधुबनी मुजफ्फरपुर सारण और हाजीपुर में छह मई को मतदान कराया जायेगा छठे चरण के लिए तेईस अप्रैल तक उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं चौबीस अप्रैल को दाखिल पर्चों की जांच की जायेगी वहीं छब्बीस अप्रैल तक अभ्यर्थी अपना नाम वापस ले सकेत हैं छठे चरण में बाल्मीकीनगर पश्चिम चम्पारण पूर्वी चम्पारण शिवहर वैशाली गोपालगंज सीवान और महराजगंज में बारह मई को वोट डाले जायेंगे वहीं सातवें और अंतिम चरण के लिये नामांकन की प्रक्रिया कल से शुरू होगी उनतीस अप्रैल तक प्रत्याशी अपना नाम दाखिल कर सकते हैं इस चरण में नामांकन पत्रों की जांच तीस अप्रैल को होगी जबकि दो मई तक नाम वापस लिये जा सकेंगे सातवें चरण में नालंदा पटना साहिब पाटलिपुत्र आरा बक्सर सासाराम काराकाट और जहानाबाद में उन्नीस मई को मतदान कराया जायेगा लोकसभा चुनाव में दिव्यांग मतदाताओं को जागरूक करने के लिये विभिन्न जिलों में प्रशासन की ओर से व्यापक अभियान चलाया जा रहा है दरभंगा जिले में दिव्यांग खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया इस अवसर पर दिव्यांग जनों को ईवीएम और वीवीपैट से मतदान करने के बारे में भी जानकारी दी गयी वहीं पश्चिम चंपारण जिले में मतदाताओं को जागरूक और प्रेरित करने के लिए दिव्यांगों ने रैली निकाली इस अवसर पर बेतिया स्थित महाराजा स्टेडियम में ट्राई साइकिल दौड़ का भी आयोजन किया गया केन्द्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि चारा घोटाला मामले में रांची जेल में बंद लालू प्रसाद यादव पर जेल नियमावली के अनुसार ही कार्रवाई हो रही है श्री प्रसाद ने कहा है कि जेल में लालू प्रसाद के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है इससे पूर्व राजद की वरिष्ठ नेत्री राबड़ी देवी ने आरोप लगाया था कि जेल में बंद लालू प्रसाद से परिवारजनों को जानबूझ कर मिलने नहीं दिया जा रहा है खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के लिए तीसरे चरण में होने वाले चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है पेश है हमारे संवाददाता की ग्राउण्ड रिपोर्ट बाईट खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में इस बार एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला दिख रहा है एनडीए ने एक ओर जहां अपने निवर्तमान सांसद लोजपा के चौधरी महबूब अली कैसर पर फिर से विश्वास जताया है वहीं महागठबंधन से विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी अपना दमखम दिखा रहे हैं हालांकि इस क्षेत्र में क्ल बीस उम्मीदवार अपनी चुनावी किस्मत अजमा रहे हैं इस संसदीय क्षेत्र का इतिहास है कि यहां से सिर्फ दो सांसद जियाराम मंडल और रामशरण यादव ही लगातार दो बार सांसद चुने गये सात नदियों से घिरे खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में लोग आज भी कई मुलभूत सुविधाओं से वंचित हैं बाढ़ प्रभावित इस क्षेत्र में भूमि विवाद एक प्रमुख समस्या रही है वहीं सुद्रवर्ती दियारा क्षेत्र में आवागमन की सुविधा नहीं होने से लोगों से आज भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है मक्का उत्पादन में देशभर में अपना प्रमुख स्थान रखने के बावजूद मक्का आघारित कोई उद्योग नहीं होना इस बार का एक प्रमुख चुनावी मुद्दा है आकाशवाणी समाचार के लिये खगड़िया से प्रभात सुमन पूरे प्रदेश में गर्मी का प्रकोप जारी है मौसम विभाग ने राजधानी पटना समेत प्रदेश के कई क्षेत्रों में अगले चौबीस घंटों के दौरान तापमान में वृद्धि की आशंका जतायी है पटना आज प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा जहां का अधिकतम तापमान उनचालीस डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया वहीं गया का अधिकतम तापमान अड़तीस दशमलव नौ डिग्री सेल्सियस रहा मौसम विभाग के अनुसार आगामी चौबीस अप्रैल को राज्य के एक दो स्थानों पर तेज हवा के साथ हल्की बारिश हो सकती है पश्चिम चम्पारण जिले के मझौलिया प्रखंड के रामपुरवा महनवा पंचायत के बढ़ईया टोला के वार्ड नम्बर चार और पांच में अचानक लगी आग से दस घर जल कर राख हो गये वहीं मुजफ्फरपुर जिले के पारू प्रखंड में दो दर्जन से अधिक घरों में आग लगने से लाखों रूपयों का नुकसान हुआ है इधर शेखपुरा जिले के शेखोपुर सराय अरियरी और चेवाड़ा प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में अगलगी से लाखों रूपये मूल्य की गेहूँ की फसल जल कर नष्ट हो गयी इन जिलों में प्रशासन की ओर से प्रभावित लोगों को राहत सामग्री मुहैया करायी गयी है

दुनिया भर में यह त्योहार ईसा मसीह को गुड फ्राइडे को सलीब पर लटकाये जाने के बाद उनके पुनर्जीवित हो उठने की स्मृति में मनाया जाता है इस अवसर पर राजधानी पटना सहित प्रदेश के विभिन्न गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है पूर्व मध्य रेलवे के गया दीनदयाल उपाध्याय रेलखंड पर कैमूर के द्र्गावती स्टेशन के पास ट्रेन से कट कर एक दम्पत्ति सहित तीन लोगों की मौत हो गयी बक्सर स्थित केन्द्रीय कारा के बाहर मोटरसाईकिल सवार अज्ञात अपराधियों ने हवाई फायरिंग की हालांकि फायरिंग की घटना में जेल के बाहर तैनात सुरक्षाकर्मी बाल बाल बच गये